लातेहार जिले में नक्सलियों के हमले को पुलिस ने किया विफल सात नक्सली हुए गिरफ्तार

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है

कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया है श्री मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकारण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं चार दिन का टीका उत्सव देशभर में आयोजित होगा इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाना है

ब्रहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव आयोजित करने का आह्वान किया था देश में दस करोड से अधिक कोविड टीके लगाने का नया कीर्तिमान बना है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार तीन सौ तिहत्तर नये संक्रमितों की पृष्टि की गई है वहीं सत्रह कोरोना संकमितों की मौत हो गई है राजधानी रांची में नौ सौ चार कोरोना संकमित मिले हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम में तीन सौ तीन हजारीबाग में एक सौ सड़सठ और धनबाद में एक सौ अड़तालीस मिले हैं वहीं दुमका से नब्बे बोकारो से सड़सठ चतरा से बाईस देवघर से छियासी गढ़वा से सत्रह गिरिडीह से सैतालीस गोड़डा से उन्नीस गुमला से इक्यावन जामताड़ा से बावन खूंटी से बत्तीस कोडरमा से छिहत्तर लातेहार से बत्तीस लोहरदगा से उन्नतीस पाकुड़ से इक्कीस पलामू से सत्रह रामगढ़ से इक्यावन साहिबगंज से तैतालीस सरायकेला से छत्तीस सिमडेगा से छब्बीस और पश्चिमी सिंहभूम से सैंतीस नए संक्रमित मिले हैं सभी जिलों में सकिय मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मरीजों के उपचार की तैयारी पुख्ता करने का निर्देश दिया है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है

झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर कल राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया ऑनलाइन लोक अदालत के इस अयोजन में कुल पंद्रह हजार सात सौ पैसठ मामलों का निष्पादन किया गया इनमें प्रीलिटिगेशन के दस हजार पांच सौ बयालीस और लंबित पांच हजार दो सौ तेईस मामलों का निष्पादन किया गया इस दौरान कुल चौबीस दशमलव नौ छह करोड़ राशि का सेटलमेंट किया गया चुनाव आयोग ने मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव के लिये मतदान की अवधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है

चुनाव आयोग ने कहा है कि यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है इसी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है

इस बार एक घंटा अधिक समय दिया गया है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दौरान लोगों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करना होगा इस दौरान लोगों को बूथ पर प्रशासन की ओर से तय की गई दूरी मास्क सैनिटाइजर के साथ ही वोट देने दिया जायेगा इसके पहले मतदाताओं की जांच भी थर्मल स्कैनर से की जायेगी

जो कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिये गये हैं

माओवादी गतिविधियों का सुराग मिलने पर पुलिस ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया नक्सलियों के पास से दो स्वदेशी रायफल और गोलियां तथा ग्यारह मोबाइल बरामद किए गए इसकी जानकारी देते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक आरके लकड़ा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के उग्रवादी चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगड़ा जंगल में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया इधर गुमला जिला पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र के नौगाई डैम के पास तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों के पास लेवी के पैसे बरामद किये गए हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सिमडेगा जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा है

रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के संचालक उपस्थित हुए बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्कूल संचालकों से अभ्यर्थियों के बैठने आदि व्यवस्था को लेकर जानकारी ली

परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी मुंबई से लोकमान्य तिलक रांची सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन आज दिन के ग्यारह बजे रांची रेलवे स्टेशन पहचेंगी इसके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक कल हटिया स्टेशन में हई इसमें निर्णय लिया गया कि जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के बढ़ते संकमण को देखते हुए ट्रेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच स्टेशन पर ही की जायेगी जो यात्री संक्रमित पाये जाएंगे उनके इलाज की व्यवस्था की जायेगी कोडरमा आरपीएफ ने पानीपत की रहने वाली एक महिला यात्री से चुराए गए तकरीबन दो लाख रुपये का सोना बरामद कर लिया है पानीपत की रहने वाली महिला कल बंगाल के आसनसोल से पानीपत जाने के लिए कालका एक्सप्रेस में सवार हुई थी जब वह पानीपत पहुंची तब उसका बैग गायब हो गया था महिला ने इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद कोडरमा आरपीएफ ने जयनगर के गोहाल में छापेमारी कर महिला का बैग बरामद कर लिया

बागवानी मिशन की योजनाओं में अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहंचाने के उद्देश्य से खरसावां प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछ्आ ने प्रखंड के आसनतलिया गांव का निरीक्षण किया

बागवानी मिशन के तहत किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा यह पहल किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि फलदार पौधा मनुष्य जीवन के लिए काफी लाभकारी है सिंचाई पर विशेष ध्यान दे तभी तीन साल के अंदर इसका फल मिलना शूरू होगा

गोड्डा जिला के लालमटिया थाने के डहआ गांव में महादेव बथान डहआ मार्ग पर बाइक की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई बाद में महागामा रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई पुलिस ने बाइक जप्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है खरसावां जिले के अर्जुना स्टेडियम में खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के द्वारा संचालित खरसावां फ़टबॉल एकेडमी में आवासीय प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई है

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार उपस्थित रहे उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति रुचि एवं अपनी अभ्यास जारी रखने को कहा चयन ट्रायल में चयनकर्ताओं के समक्ष खिलाडियों में खेल क्षमता स्टेमिना खेल के बेहतर तकनीक फुटबॉल का रिसीविंग हैडिग पासिंग हाइट सहित बेहतर शूटिंग आदि को परखते हुए खिलाडियों का चयन सूची तैयार किया गया है आईपीएल किकेट टूर्नामेंट में आज सन राइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मैच का प्रसारण शाम साढ़े सात बजे से किया जायेगा और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है बढ़ता जा रहा सैंपल का बैकलॉग सभी निजी लैब ने नया सैंपल लेना बंद किया वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है सूबे में नये केस दो हजार पार तैयारी पुख्ता करने का निर्देश दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है राजधानी रांची में एक दिन में सबसे ज्यादा छियालीस शवों का अंतिम संस्कार इनमें अधिकृत रूप से सोलह कोरोना संक्रमित दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर राज्य में सात माह बाद एक दिन में मिले नौ सौ से अधिक कोरोना के मरीज शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है